तेज गति से चल रहा है नये भारत के निर्माण का कार्य केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के प्रावधान को समाप्त करना पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद और वर्षों से चले आ रहे छद्म युद्व के खिलाफ निर्णायक लड़ाई

रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां जोरो पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं का स्वास्थ्य आत्मसम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता रहे हैं हरियाणा के चरखी दादरी और कुरूक्षेत्र में कल चुनावी सभाओं को सम्बोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाये जा रहे कई कार्यक्रमों का उल्लेख किया श्री मोदी ने कहा कि सरकार की खेल नीति से राज्य के खिलाड़ियों को बहुत लाम पहुंचा है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नए भारत के निर्माण पर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा बीते पांच वर्षों में विकास की बुनियाद हमने रखी उस पर विकसित और सशक्त नए भारत के निर्माण का काम तेजी से शुरू हो चुका है नए भारत के निर्माण का यह नया निश्वय हमारे गांवों में दिख रहा है गरीवों के घर में दिख रहा है हमारे गांव ही देश में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को आज गति दे रहे हैं नई ऊर्जा दे रहे हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रहित सर्वदा सर्वोपरि है कांग्रेस को धारा तीन सौ सत्तर हटाने के विरोध पर घेरते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कितना भी विरोध करे लेकिन उनकी सरकार देश हित में फैंसला लेने से संकोच नहीं करेगी उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में यवतमाल और वर्धा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया श्री गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीबों की मदद के लिए मनरेगा के माध्यम से पैंतीस हजार करोड़ रुपये दिए और किसानों का सत्तर हजार करोड़ का कर्ज माफ किया उन्होंने लोगों से महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो गरीबों किसानों और छोटे व्यापारियों की हालत सुधारने के लिए काम करे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुछेद तीन सौ सत्तर के प्रावधानों को समाप्त करना नरेन्द्र मोदी सरकार की पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद और वर्षो से चले आ रहे छदम युद्द के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है अमित शाह कल हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के पैंतीसवें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे पाक पीड़ित आतंकवाद से भारत हमेशा पीड़ित रहा है

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई गई है और हम इस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह के आतंकी हमले से निपटने की क्षमता है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे राज्य और जिला स्तर पर प्याज दलहन और तिलहन के मूल्य पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए इनके थोक विक्रेताओं आयातकों और निर्यातकों के साथ नियमित बैठक करें कल नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के सचिव की अव्यक्षता में हई बैठक में इस वर्ष दिसम्बर तक त्यौहारों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कृषि मंत्रालय नेफेड और दिल्ली सरकार सहित कई एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि खरीफ की प्याज बाजार में पहंचनी शुरू हो गई है जिससे इसके मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है आवक बढ़ने से आने वाले हफ्तों में प्याज के मूल्यों में और कमी होने की संभावना है प्रदेश सरकार ने दीपावली से पूर्व राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश जारी कर दिया है प्रदेश के चौदह लाख से अधिक कर्मचारियों को बोनस का लाम मिलेगा बोनस की अधिकतम सीमा सात हजार रूपये है इसमें पचहत्तर फीसदी धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी और पच्चीस फीसदी नकद भुगतान होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने कल इस सम्बंध में शासनादेश जारी किया

भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतापगढ़ सीट के लिए चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले ढ़ाई सालों में उनकी सरकार ने प्रदेश का योजनाबद्व तरीके से विकास किया है इस दौरान राज्य में सात मेडिकल कॉलेज खोले गये उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ की पहचान आंवला का चयन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कर के इसे अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दी है कल कानपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव मे जनता ने भाजपा को प्रचंड बहमत के साथ जिताया और मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त कर वो कर दिखाया जो सत्तर वर्ष में नहीं हुआ था

कल ही चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा सीट पर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए श्री योगी ने कहा कि चित्रकूट के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्द है उन्होंने कहा कि सरकार गौसंरक्षण और गौसंक्षन की दिशा में काफी काम कर रही है एक भी गौवंश को कटने नहीं देंगे और किसानों की फसलों को भी खराब नहीं होने देंगे गौ संरक्षण केन्द्र बनाकर अन्ना प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जायेगा प्रतापगढ़ से तीन बार कांग्रेस पार्टी से सांसद रही राजकुमारी रत्ना सिंह कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतापगढ़ चुनावी सभा कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गयीं उनके साथ हजारों समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की वह पूर्व विदेश मंत्री दिनेश सिंह की पुत्री हैं इस अवसर पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रदेश सरकार में कबीना मंत्री मोती सिंह सहित कई मंत्री मौजूद रहे उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मानिकपुर विधानसभा के मऊ और ऐचवारा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उत्थान के लिए कृतसंकल्प है इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों की महिला नोडल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर महिलाओं से जुड़ी प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री कल लखनऊ में महिलाओं के विकास के सम्बंध में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला अधिकारियों की टीम अट्ठारह उन्नीस और बीस अक्टूबर को आवंटित जिलों में जाएगी और योजनाओं की समीक्षा करेंगी साथ ही वे महिलाओं से योजनाओं का फीडबैक भी लेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना का शुभारम्भ पच्चीस अक्टूबर को किया जाएगा उन्होंने महिला अधिकारियों से अपने जिले में लोगों को इस योजना की जानकारी देने का निर्देश भी दिया अयोध्या में दीपावली के अवसर पर छब्बीस अक्टूबर को आयोजित होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं इस अवसर पर पांच लाख इक्यावन हजार दीप प्रज्जवलित किये जायेंगे तैयारियों के सिलसिले में कल मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक ओपीसिंह सहित कई अधिकारियों ने अयोध्या पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया अयोध्या में संतों और अन्य प्रबुद्व तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ विचार विमर्श के अलावा सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने कहा कि दीपोत्सव ऐतिहासिक होगा और रिकार्ड सख्या में दीप जलाये जायेंगे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि हर घर पर दीप जले और हर व्यक्ति इस दीपोत्सव में सहयोग करे उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये जा रहे हैं